राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं अबतक यहां पांच हजार तीन सौ निन्यान्वे कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इनमें दो हजार छह सौ पैंसठ सक्रिय मामले हैं जबकि अड़तालीस लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी हैं हालांकि दो हजार छह सौ छप्पन लोग कोरोना को मात दे चुके हैं इससे पहले पिछले चौबीस घंटो के दौरान दो सौ नवासी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं जबकि दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और उन्यासी लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है इधर झारखंड मंत्रालय के गृह विभाग में एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दफ्तर को सील कर सेनेटाईज करने कार्य किया जा रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के एम्से में दिल्लीय पुलिस के सहयोग से आयोजित प्लाज्मा दान अभियान का उद्घाटन किया इस अवसर पर छब्बीस पुलिस कर्मियों ने प्लाज्मा दान किया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 उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुका व्याक्ति महीने में दो बार प्लाज्मा दान कर सकता है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 केन्द्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार होता है उन्होंने कहा कि सरकार डेटा की संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करेगी श्री प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार जल्द ही डेटा सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी और संसद की प्रवर समिति इस मामले पर विचार कर रही है ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला के तहत वर्चुअल संबोधन में विधि मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से कार्य संस्कृति में बदलाव आए हैं उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच अगस्त को श्रीराम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री दिन के ग्यारह बजे अयोध्या पहुंचेंगे और लगभग दो घंटे यहां रहेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भेजा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्रि मोदी छह करोड़ फॉलोअर के साथ टिवटर पर द्वनिया के शीर्ष पसंदीदा नेता बने हुए हैं श्री मोदी के ट्विटर अकाउंट ने आज छह करोड़ का आंकड़ा पार करे लिया जिससे वे दुनियाभर में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता के रूप में सामने आए हैं श्री मोदी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प के बाद कुछ वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर के मामले में छह करोड़ का आंकड़ा पार किया है

सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉ बलविन्दर सिंह चर्चा में भाग लेंगे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

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए झारखंड की सभी सीमाओं को सील कर कर दिया गया है बिहार ओड़िशा ओड़िसा और छत्तीसगढ़ सीमा पर बैरिकेडिंग करने के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सीमा पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें आने की इजाजत दी जा रही है इसके अलावा बिहार से सटे सभी दस चेकनाओं पर विशेष चौकसी बरती जा रही है इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बिना वाहन पास के लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है झारखंड उच्च न्यायालय में कल से नियमित सुनवाई होगी इसके लिए एक नियमित खंडपीठ और तीन अन्य बेंच बनाए गए हैं इन बेंचों में आवश्यक मामलों व याचिकाओं तथा जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी ज्ञात हो कि कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद उच्च न्यायायल में सुनवाई स्थगित कर दी गई थी धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित आमझर में कोरोना से मरने वालों को दफनाने के लिए चिन्हित किए गए जमीन को लेकर आज पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई ग्रामीणों ने इस दौरान एक जेसीबी को क्षतिग्रस्त भी कर दिया इस झड़प में कुछ प्रलिसकर्भियों और ग्रामीणों के घायल होने की बात सामने आई है

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आगाज इक्कीस जुलाई से होगा छह नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों के आयोजन का शिङ्यूल जारी कर दिया गया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार ये कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजन किए जाएंगे पहले चरण में विभिन्न राज्यों के विश्वविदयायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम होंगे गोवा के साथ सांस्कृतिक आदान आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों के एनएसएस के लगभग तीन सौ स्वयंसेवकों का चयन किया गया है इन स्वयंसेवकों को विभिन्न गतिविधियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा राजधानी रांची के जैप वन में शहीद अवर निरीक्षक चंद्राय सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांग्ते और पुलिस महानिदेशक एमवी राव समेत कई अधिकारियों ने शहीद को शद्धांजलि दी गौरतलब है कि साहेबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के बोड़ बांध में सत्ताईस जून को अपराधियों के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद चंद्राय सोरेन को रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां कल उनकी मौत हो गई हो गई थी दुमका पुलिस ने छह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है इन अपराधियों के पास से पांच मोबाइल फोन नौ एर्डीएम कार्ड एक मोटरसाइकिल और नगद राशि पुलिस ने बरामद की है साइबर सेल के पुलिस उपाधीक्षक श्रीराम सामन्त ने बताया तालझारी में एक एटीएम के पास दो युवकों के मौजद होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो उनके साइबर अपराधी होने की बात सामने आई इनकी निशानदेही पर चार अन्य साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने बताया कि उनसे प्रछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं

बिहार के कटिहार से उसे पकड़े जाने की बात सामने आई है इससे पहले उसके गिरोह के पांच अपराधियों को प्रलिस ने गिरफ्तार किया था हत्या तथा रंगदारी मांगने समेत कई आपराधिक कांडों में पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के साल्वे और ढोठी इलाके में वजपात की घटना में दो लोगों की मौत हो गई वहीं ओल्हेपाट गांव में वज्जपात होने से धान बुआई कर रही पांच महिलाए झलस गई इनमें से गंभीर रुप से घायल दो महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है वहीं गिरिडीह जिले के सरिया में एक यूवक और हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बारा में एक बच्ची तथा इचाक थाना क्षेत्र के रूद्र गांव में एक की मौत और तीन महिलाए वजपात से झुलस गई संक्षिप्त खबरें चतरा जिले के पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र स्थित नॉनगांव में दो बच्चों की तालाब में डुबने से मौत हो गई दोनों रिश्ते में भाई थे पुलिस के मुताबिक डूब रहे एक भाई को बचाने के प्रयास में दूसंरे की भी जान चली गई खेलो इंडिया साइकिलिंग अकादमी के लिए झारखंड के छह खिलाड़ियों का चयन किया गया हैं इन साइकिलिस्टों में रांची की तारा भिंज लोहरदगा की पुष्या कुमारी सरिता कुमारी और संतोषी उरांव के अलावा गढ़वा के अमीर रेयाज तथा रांची के दीपराज उरांव शामिल हैं गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बढ़ौना में बनाये गए कन्टेंमेंट जोन का निरीक्षण किया उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक किया